उन्होंने कहा कि वे न्यू इंडिया को उभरते हुए देख रहे हैं कल नई दिल्ली में बिहार विधानसभा चुनाव और अन्य राज्यों के विधानसभा उप चुनावों में भाजपा की जीत के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह को संबोधित करते हए श्री मोदी ने कहा की हाल के चुनाव परिणामों ने यह साबित कर दिया है कि जनता उन्हें ही अपना आशीर्वाद देती है जो ईमानदारी और विकास की द्र ष्टि से काम करते हैं उन्होंने कहा कि देश की जनता प्रत्येक राजनीतिक दल से विकास के लिए काम करने की उम्मीद करती है प्रधानमंत्री ने कहा कि अब यही मुद्दा आने वाले चुनावों में भी मुख्य मुद्दा रहेगा इस अवसर पर केन्द्रीय मंत्री राजनाथ सिंह गृहमंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा सहित भाजपा के कई वरिष्ठ नेता उपस्थित थे

इस अवसर पर नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत भी मौजूद रहेंगे

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा कुछ जिलों के हितग्राहियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद भी किया जाएगा राज्य शासन द्वारा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अन्तर्गत मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना प्रारंभ की गई है

कांग्रेस बैठक पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि चुनाव परिणाम हमारी अपेक्षा के अनुरूप नहीं आये हैं लेकिन हम अपना संघर्ष जारी रखेंगे

बैठक को वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने भी संबोधित किया

कंपनी के अनुसार इससे मिटटी के लिए एक प्रमुख पोषक तत्व सल्फर की कीमत एक हजार रुपये प्रति टन कम हो जाएगी यह पोषक तत्व सभी प्रकार की तिलहन फसलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है

चार जिलों में कल एक भी नया मरीज नहीं मिला

जन आंदोलन इन्दौर आरजे गौरव ने प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किये गए जन आंदोलन में सहभागिता करते हुए लोगों से कोरोना से बचाव के लिए मास्क पहनने और बार बार हाथ धोने और दो गज की दूरी का पालन करने की अपील की है

आज से ही पांच दिवसीय दीपावली पर्व की शुरुआत हो रही है जो कल रूपचौदस फिर दीपावली गोवर्धन पूजा तथा भाईदूज तक चलेगा धनतेरस के दिन आयुर्वेद के देवता धन्वंतरी और धन के देवता कुंबेर के पूजन का विधान है इंदौर के षासकीय अष्टांग आयुर्वेदिक महाविद्यालय में भगवान धन्वतरी के पूजन और निःषुल्क स्वास्थ्य षिविर का आयोजन किया जा रहा है

धनतेरस को लेकर कल से ही बाजारों में काफी चहल पहल देखी है इस दौरान बर्तन इलेक्ट्रिक कपड़े सहित अन्य दुकानों में सबसे ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है इस दिन सोना चांदी और बर्तनों की खरीद की परंपरा के चलते बाजारों में विषेष तैयारी की गई है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएँ प्रेषित की हैं ग्रीन दीवाली राष्ट्रीय हरित न्यायालय के दिशानिर्देशों और मध्यप्रदेश प्रद्षण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर प्रदेश के कई जिलों में इस बार आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और ग्रीन दीवाली मनाने की सलाह दी गई है

वहीं रायसेन के मण्डीदीप क्षेत्र में एक दिसम्बर तक सम्पूर्ण नगर पालिका के क्षेत्र के अंतर्गत समस्त प्रकार के पटाखों का विक्रय एवं उपयोग प्रतिबंधित किया गया है निवाड़ी में भी जिला प्रशासन ने त्यौहारों के अवसर पर पटाखों का उपयोग कम से कम करने की अपील की है जबलपुर सहित कई अन्य जिलों से भी इसी तरह के समाचार मिल रहे हैं

अभय कुमार वर्मा को अशोकनगर का और संजय कुमार को दतिया का कलेक्टर बनाया गया है